इस चरण में कल सात राज्यों के इक्यावन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए निर्वाचन आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उन्यासी दशलमव शून्य सात प्रतिशत मध्य प्रदेश में अरसठ दशमलव नौ आठ जबकि झारखंड में पैसठ दशमलव एक दो प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया राजस्थान में तिरसठ दशमलव सात तीन उत्तर प्रदेश में सत्तावन दशमलव नौ तीन और बिहार में सत्तावन दशमलव सात छह प्रतिशत मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में सबसे कम उन्नीस दशमलव पांच पांच प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सेना ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट डाले कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा लोकसभा चुनाव के शेष दो चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है छठे चरण में सात राज्यों की उनसठ संसदीय सीटों के लिए चुनाव होगा इस चरण में उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस बिहार पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों पर रविवार को मतदान होगा

उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम वीरता और साहस का प्रतीक थे प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि परशुराम के आदर्शों से समाज में न्याय और सौहार्द बढ़ेगा

आठ अप्रैल के उस आदेश में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया था कि हर विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र के बजाए किन्हीं पांच मतदान केंद्रों की इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मतदान पुष्टि पर्चियों का मिलान किया जाए

ये मामले तेइस अप्रैल को अहमदाबाद के रोड शो और नौ अप्रैल को कर्नाटक के चित्रद्र्ग में प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़े हैं नरेंद्र मोदी ने कथित रुप से नए मतदाताओं से कहा था वे अपना वोट बालाकोट हवाई हमलों के नायकों को समर्पित करें इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ी सभी शिकायतों पर छह मई तक फैसला करने को कहा था

कल रात मस्जिदों में विशेष नमाज तरावीह के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा यह नमाज पूरे महीने जारी रहेगी रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है और इसके समापन पर ईद उल फितर मनाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को मुंबारकबाद दी है श्री मोदी ने कहा कि रमजान का पावन महीना समाज में सद्भाव प्रसन्नता और भाइचारे को बढ़ावा देगा

देश के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधी इस दो दिवसीय इड़ फेयर के माध्यम से छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करा रहे है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि चंद्रयान दो का लैंडर छह सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव को स्पर्श करेगा इसरो ने कहा है कि चंद्रयान दो में तीन मोड्यूल एक ऑर्बिटर विक्रम के नाम से एक लैंडर और प्रज्ञान के नाम से रोवर होंगे